वे सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे दो दिन के इस सम्मेलन में भारत चीन पाकिस्तान और रूस सहित आठ सदस्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुददों क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया जायेगा यह संगठन सदस्य देशों का आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समूह है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली भारी जीत के बाद हो रही इस बैठक में सदस्यता अभियान संगठनात्मक चुनाव सहित कई मुददों पर चर्चा की जा रही है बताया जाता है कि इस बैठक में हरियाणा महाराष्ट्र और झारखण्ड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई जायेगी शहीद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में देवास जिले के रहने वाले जवान संदीप यादव शहीद हो गये श्री यादव का परिवार कुलाला गॉव का निवासी है

इस आतंकी हमले में कुल पांच जवान शहीद हुए जबकि चार अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद संदीप यादव के परिवार के प्रति शोक संवदेनाएं व्यक्त की है उन्होंने शहीद परिवार को सरकार की ओर से एक करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार शहीद के परिवार को मकान और एक सदस्य को नौकरी भी देगी खेत तालाब प्रदेष सरकार ने खेत तालाब और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान बनाने के लिए नक्शा और अन्य प्रकिया को ऑनलाइन कर दिया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि इसे ऑनलाइन किए जाने से सरपंचों को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए अब सिक्यूर साफ्टवेयर लागू किया गया है इसमें खेतों में जल सरंक्षण के लिए बनाए जाने वाले खेत तालाब की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है वायु तुफान रेल अरब सागर में उठे वायु तूफान का गुजरात में सर्वाधिक असर देखा जा रहा है जहां तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाया गया है

मध्यप्रदेश होकर गुजरात जाने वाली गाड़ियों को भी रद्द किया गया है रतलाम रेल मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तूफान को देखते हुए गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस को कल राजकोट स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा यह ट्रेन राजकोट से ओखा के मध्य निरस्त रहेगी

यह गाड़ी राजकोट सोमनाथ के मध्य निरस्त रहेगी

मौसम गर्मी प्रचंड गर्मी के बीच प्रदेष के कुछ हिस्सों में कल प्री मानसून की बारिष होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है आगामी एक दो दिन में अन्य हिस्सों में भी मानसून पूर्व बारिष के आसार बन रहे हैं इससे गर्मी में कुछ हद तक राहत मिल सकती है स्थानीय मौसम विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अजय कमार शुक्ला ने बताया कि एक दो दिन में प्रदेश के दक्षिणी हिस्से भोपाल इंदौर उज्जैन सभागों में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने का अनुमान है वहीं अरब सागर में आ रहे चक्रवातीय तूफान के कारण आज गुजरात के तटीय इलाकों तेज बारिश हो सकती है इसका कुछ असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ सकता है और तापमान में गिरावट आ सकती है

उन्होंने बंजारा झील के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये

जिससे इस ट्रेन को नरखेड़ स्टेशन पर रोका गया इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ